उन्होंने कहा कि सार्वजनिक शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना अत्यंत महत्वपूर्ण है इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नई शिक्षा नीति की सराहना करते हुए कहा है कि यह सभी पुरानी शिक्षा नीतियों का बेहतर विकल्प होगी उन्होंने कहा है कि नई शिक्षा नीति भारतीय युवाओं को नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगी और रोजगार और नौकरियों के नए अवसर भी पैदा करेगी

इस सम्मेलन में राज्यों के शिक्षा मंत्री राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी भारत ने आज हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किया यह स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस सफल परीक्षण के साथ ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अत्यधिक जटिल प्रौद्योगिकी क्षमता का प्रदर्शन किया है जो अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक व्हीकल के निर्माण में मददगार साबित होगी रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने इस तकनीक के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को बधाई दी है इस वीकल में स्वदेश में विकसित स्क्रैमजेट प्रोपल्शन प्रणाली का उपयोग किया गया है रक्षामंत्री ने कहा कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है पोषण अभियान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कुपोषण को समाप्त करने से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए सभी की भागीदारी के लिए समन्यित प्रयासों की आवश्यकता बताई है उन्होंने कहा कि इससे नारी शक्ति और युवा शक्ति को बल मिलेगा प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि समृद्व राष्ट्र के निर्माण के लिए समुचित पोषण बहुत महत्वपूर्ण है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 उधर केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार अतिकृपोषित बच्चों के समग्र पोषण के लिए देश भर में सघन अभियान चलाएगी उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि बच्चों गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं के पर्याप्त पोषण की व्यवस्था हमेशा सरकार की प्राथमिकता रही है शाह ने कहा कि पोषण अभियान एक बड़ा कार्यक्रम है जिसके द्वारा देश से कुपोषण को समाप्त किया जा सकता है

रियल एस्टेट सेक्टर पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा जिसके कारण प्रापर्टी खरीदने बेचने के इच्छुक नागरिक भी विपरीत स्थितियों का सामना कर रहे हैं

पन्ना के झीलनुमा तालाब धरम सागर मे शहर भर के लोग शामिल होते है और विधि विधान से अपने पूर्वजों को तर्पण करते है पन्ना का जुगल किशोर मंदिर बुदेलखंड का एक मात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान भी तर्पण करते है

आधिकारिक जानकारी के अनुसार श्री चौहान ने भोपाल में गौण खनिज नियम तथा जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम में प्रस्तावित संशोधनों पर विचार विमर्श कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस संबंध में दागी अधिकारियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ऐसे अधिकारियों को तत्काल सेवा से अलग किया जाए उन्होंने कहा कि खनिज से संबंधित समस्त प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाते हुए ऑनलाइन व्यवस्था मजबूत की जाए प्रदेश में उपलब्ध मुख्य खनिज तथा गौण खनिज रायल्टी का बड़ा स्रोत है

इंदौर में जहां अब तक दस हजार एक सौ उन्तीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं वहीं भोपाल में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या नौ हजार छह सौ इकसठ है वहीं जबलपुर में नेताजी सुभाषचंद बोस अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित लोगों को उनके परिवार से मिलाने की व्यवस्था की गई

इन जगहों पर बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं गुहमंत्री गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूर्ण सावधानी बरतने का फिर से अनुरोध करते हुए कहा कि सावधानी ही कोरोना का बेहतर इलाज है श्री मिश्रा ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा को दौरान राज्य में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने के संबंध में जवाब देते हुए कहा कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ही देखें तो कोरोना के मामले सावधानी घटने से ही बढ़ रहे हैं सरकार तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है निःशुल्क चिकित्सा दवाएं ऑक्सीजन येंटीलेटर और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है संक्षिप्त समाचार राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी ने देशभर के होटल प्रबंध संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित परीक्षा का रिजल्ट आज घोषित कर दिया

दमोह के पथरिया विधायक ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात कर जिले के किसानों की फसलों के नुकसान की भरपाई करने की शीघ्र मांग की

मुरैना जिला मुख्यालय में परिवहन मित्र योजना की शुरूआत हुई योजना के तहत पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर कार्य किये जायेंगे डिंडौरी पुलिस ने आज ग्राम किसलपुरी में जागरूकता अभियान चलाया